राज्य में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर हुयी बत्तीस

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि कोरोना वायरस को पराजित करने के लिए पूरा देश एकजुट है उन्होंने इस आपदा से निपटने के लिए एक बार फिर देशवासियों से सामूहिक प्रयास का आहवान किया है श्री मोदी ने कहा कि आज रात नौ बजे नौ मिनट के लिए घरों की बत्तियां बंद करें तथा दीया और मोमबत्ती जलाकर या मोबाइल की फ्लैश लाइट के जरिए देश की सामूहिक शक्ति का परिचय दें

ये उजागर होगा प्रधानमंत्री ने एक वीडियो संदेश में कहा कि लोग अपने घर में रहें और दिया जलाते समय समूह में इकट्टे न हों

रास्तों में गलियों में या मोहल्लों में नहीं जाना है अपने घर के दरवाजे बालकनी से ही इसे करना है सोशल डिस्टेसिंग की लक्ष्मण रेखा को कभी भी लांघना नहीं है सोशल डिस्टेंसिंग को किसी भी हालत में तोड़ना नहीं है कोरोना की चेन तोड़ने का यहीरामबाण इलाज है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी प्रदेशवासियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आहवान पर आज रात नौ बजे नौ मिनट तक दीप मोमबत्ती टॉर्च और मोबाईल की फ्लैस लाईट जलाकर कोरोना महामारी के संक्रमण से बचाव में अपने संघर्ष की एकजुटता प्रदर्शित करने की अपील की है उन्होंने कहा कि इससे हमारी दृढ़ इच्छाशक्ति और मजबूत होगी और हमारा आत्मबल बढ़ेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर अमल करने में देशवासियों को सावधानियां बरतने का सुझाव दिया गया है जारी परामर्श में कहा गया है कि दीया मोमबत्ती जलाने से पहले सेनेटाइजर की बजाय साबून से हाथ धोयें लोगों को सलाह दी गयी है कि सेनेटाइजर में अल्कोहल की मौजूदगी से हाथ भी जल सकते हैं इधर बिजली मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि आज रात नौ बजे घरों की बत्तियां बंद होने के दौरान ग्रिड की स्थिरता बनाए रखने के सभी इंतजाम किए गए हैं बिजली मंत्रालय का यह स्पष्टीकरण इन अटकलों के बाद आया है कि बत्तियां बंद करने के दौरान ग्रिड में अस्थिरता आ सकती है और बिजली उपकरणों को नुकसान पहुंच सकता है मंत्रालय ने कहा है कि देश के बिजली ग्रिड बहुत मजबूत और स्थिर हैं देश में अब तक कोरोना वायरस के तीन हजार बहत्तर मामलों की पुष्टि हुई है इनमें से दो सौ बारह मरीज इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं और उन्हें अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है जबकि पचहत्तर मरीजों की मौत हो चुकी है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि विदेशों के मुकाबले देश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या काफी कम है

हमारी हर दिन की बैठक है

तो हम फिर से पुरानी परिस्थिति में आ सकते हैं फिर से हम सक्सीस से नॉट सक्सीस की कैटिगिरी में आ सकते हैं राज्य में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के मिलने का सिलसिला जारी है शनिवार को एक और संदिग्ध की रिपोर्ट पॉजिटिव आयी है राज्य में अब तक बत्तीस कोरोना संक्रमण के मरीज पॉजिटिव पाये गये हैं स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने इसकी पुष्टि करते हुये बताया कि अठारह मार्च को इंग्लैण्ड से लौटे भागलपुर के नवगछिया के पैंसठ वर्षीय वृद्ध महिला की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आयी है इधर चार लोगों को इलाज के बाद स्वस्थ होने पर अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने सुझाव दिया कि ज्यादा जोखिम के दायरे में आने वाले लोगों को सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए उन्होंने बताया कि अब तक देश में कोरोना वायरस से संक्रमित जितने भी मरीज सामने आए हैं उनमें से तीस प्रतिशत तब्लीगी जमात से जुडे हैं

उन्होंने कहा कि महामारी का सामना करने के लिए यह आवश्यक है कि पूर्णबंदी परस्पर दूरी तथा विभिन्न दिशा निर्देशों का सभी स्तरों पर पालन किया जाए गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने बताया कि लॉकडाउन को प्रभावी तरीके से लागू किया जा रहा है उन्होंने बताया कि आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता संतोषजनक स्तर पर हुई है उन्होंने कहा कि राज्य आपदा प्रबंधन कोष के तहत ग्यारह हजार बानवे करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी कर दी गई तब्लीकी जमात से संबंधित लगभग बाईस हजार लोगों को क्वारटीन करने के प्रयास किए जा रहे हैं

अभिनेत्री जरीन खान ने लोगों से लॉकडाउन के दौरान घरों में ही रहने की अपील की है साउंड बाईट मैं आज आप सबसे यह रिकवेस्ट करने आई हूं कि प्लीज अपने अपने घरों में ही रहें और इस मुश्किल घड़ी में देश को कोरोना वायरस सेजूझने में मदद करें प्लीज घर से बाहर न जाएं क्योंकि ऐसा करके न सिर्फ अपनी जानको बल्कि अपने आसपास वालों अपने घरवालों और अपने देशवालों की जान को जोखिम में डाल रहे हैं अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी ने लोगों से कोविड उन्नीस के खिलाफ लडाई में एकजुट रहने का अनुरोध किया है साउंड बाईट आज में आपसे एक अनुरोध करने आई हूं कि कृपया आप अपने घर में ही रहे और सुरक्षित रहे औरहमारी सरकार जो भी लॉकडाउन के नियम बना रही है उनका पालन करें जितने भी कोरोना वायरसके बोरियज है हमारे डाक्टर नर्स पुलिस कर्मचारी जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं वो अपना काम बहुत अच्छेढ़ग से कर रही हैं केंद्र सरकार ने लोगों से कहा है कि कोरोना वायरस को दूर रखने के लिए घर में बने मास्क को पहनकर निकलें स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक परामर्श में लोगों को कहा है कि चेहरे को मास्क से ढक कर रखें और खासतौर पर घर से बाहर निकलते समय इसे पहनकर निकलें परामर्श में कहा गया है कि कोविड उन्नीस का संक्रमण रोकने के लिए एक दूसरे से दूरी और व्यक्तिगत साफ सफाई बनाए रखना बहुत जरूरी है कुछ देशों में घर में बने मास्क से चेहरा ढकना आम लोगों के लिए मददगार साबित हो रहा है घर में निर्मित ऐसे मास्क व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखने में भी मदद करते हैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने दिल्ली के लोकनायक जय प्रकाश नारायण राममनोहरलोहिया और सफदरजंग अस्पताल का दौरा किया उन्होंने डॉक्टरों नर्सों अस्पताल प्रशासनऔर स्वच्छता कर्मियों के प्रयासों की सराहाना की उन्होंने कहा कि रोगियों को तुरंत राहत पहुंचाने के लिए ये लोग बिना रूके लगातार काम कर रहे हैं

अगर कोई भी टारगेट करेगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनइस्तेमाल किया जाएगा इसका देश के गृह मंत्रालय ने एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है औरमेरा देश में समाज के लोगों से यह अपील है कि आप किसी भीरूप में जो लोग आपके प्राणों की रक्षा के लिए दिन रात काम कर रहे हैं उनका सम्मानकरिए

केंद्र सरकार ने रबी की फसलों की कटाई और गर्मी की फसलों की बुवाई सुनिश्चित करने के लिए अनेक पहल की है जिससे पूर्णबंदी के दौरान किसानों को कोई परेशानी न हो साउंड बाईट कृषि बीमा सुविधा को सुचारूबनाने के लिए सभी राज्यों को पत्र जारी कर कहा गया है कि वह संबंधित बीमा कंपनियोंके प्रतिनिधियों को पास जारी करें ताकि वह फसल कटाई प्रयोग के सहसाक्षी के तौर परउपस्थित रह सकें

बागवानी फसलों की आसान आवाजाही के लिए उत्पाद को थोक विक्रताओंमंडी संघों और राज्य बागवानी मिशनों के साथ तालमेल बनाया गया है ताकिसभी दिक्कतों को दूर किया जा सके

घर से काम कर रहे फार्म टेली एडवाइजर्स केनंबरों पर कॉल को भेजकर किसानों की समस्याओं को सुलझाया जा रहा है

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने सत्र दो हजार बीस इक्कीस के नौवीं से बारहवीं तक के पाठ्यक्रम में बदलाव किया है नये पाठ्यक्रम में लर्निंग लिट्रेसी और लाईफ स्किल पर विशेष जोर दिया गया है नये सिलेबस को बोर्ड ने सभी स्कूलों को भेज दिया है कोरोना वायरस के कारण सभी स्कूलें बंद हैं इसको देखते हुये सीबीएसई ने दो हजार इक्कीस के बोर्ड परीक्षा के पैटर्न में बदलाव के संकेत भी दिये हैं चुनाव आयोग ने वैश्विक महामारी कोरोना को देखते हुये बिहार विधान परिषद के शिक्षक स्नातक निर्वाचन क्षेत्र और विधान सभा कोटे से निर्वाचित होने वाली सत्रह सीटों के लिये चुनाव स्थगित कर दिया है निर्वाचन आयोग की ओर से जारी निर्देश के अनुसार इसे अगले आदेश तक के लिये स्थगित किया गया है इन सभी सत्रह सीटों पर वर्तमान में निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल सात मई को समाप्त हो रहा है राज्य सरकार ने सुजन घोटाला के मुख्य आरोपित भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी वीरेंद्र प्रसाद यादव और पूर्व भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी केपी रमैया के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दी है अब इन दोनों के खिलाफ न्यायालय में सूजन घोटाले के मामले में मुकदमा चलेगा वीरेंद्र प्रसाद यादव अभी पिछड़ा और अति पिछड़ा कल्याण विभाग में विशेष सचिव हैं अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनता से आज रात नौ बजे घर की बत्ती बुझाएं दीया मोमबत्ती जलाएं की खबर को दैनिक जागरण दैनिक भास्कर और प्रभात खबर समेत प्रमुख समाचार पत्रों ने अपनी बड़ी सुर्खी बनायी है वहीं प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर बत्तीस होने और तबलीगी जमात से जुड़े कोरोना पीड़ितों की तादाद देशभर में बढ़ने की खबर को आज अखबार समेत अन्य समाचार पत्रों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है

राज्य में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर हुयी बत्तीस